वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग से कल जारी अधिसूचना भारतीय स्टैम्प अधिनियम में कुछ संशोधनों से संबंधित है इसका उद्देश्य शेयर बाजारों से प्रतिभृति लेन देन पर स्टैम्प शुल्क संग्रह की क्शल और प्रभावी व्यवस्था करना है

मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में भ्रामक खबर आ रही थी कि वित्तीय वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है

देश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन और संबंधित सरकारी कार्यालय बंद होने के कारण लोगों को अपने वाहनों के कागजात का नवीकरण कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इन कागजात में फिटनेसए परमिटए ड्राइविंग लाइसेंसए रजिस्ट्रेशन या मोटर वाहन नियमों के तहत अन्य दस्तावेज शामिल हैं

उम्मीदवार और जानकारी के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के फोन नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं

इनमें से एक सौ दो लोगों को उपचार के बाद छ्ट्टी दे दी गई है

इनमें इंदौरए उज्जैन समेत मालवा निमाड़ के अन्य जिलों के मरीज शामिल हो सकते हैं हालाँकि अभी विस्तृत रिपोर्ट का इंतज़ार है टवपबम बेंज संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजधानी भोपाल और इंदौर सहित तमाम प्रम्ख शहरों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गयी है भोपाल शहर को चार जोन में बांट दिया गया है अब लोग एक जगह से दूसरे स्थानों पर नहीं जा सकेंगे केवल पास वालों और जरूरी सामान की आपूर्ति करने वालों को ही अन्मति दी जाएगी

वहीं इंदौर में अस्पतालों और कई इलाकों की सीसीटीवी से निगरानी शुरू की गयी है दरअसल अस्पतालों और आइसोलेशन से लोगों के भागने की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है इसी बीच जगह जगह फंसे मजदूरों और असहाय लोगों की मदद के लिए मप्र में बड़े पैमाने पर लोग सामने आ रहे हैं प्रदेश भाजपा ने फीड द नीड हेल्पलाइन शुरू की है वहीं कई संगठन हर घर से रोटी जैसी योजनाएं चला रहे हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने भी राजभवन के किचिन से जरुरतमंदों को भोजन भेजना शुरू किया है अब कुछ समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेत् प्रदेश के विभिन्न जिलों में किए जा रहे प्रयासों एवं स्थिति की समीक्षा की गयी इस दौरान अनूपप्र ज़िले के जम्मू में फँसे श्रमिकों को मदद म्हैया कराने की कार्यवाही की सराहना की

मुरैना में इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए आज राज्य स्तरीय बार्डर सील करने के साथ ही जिले की सीमायें भी बंद कर दी गयी है